आज ग्रेटर नोएडा में ऊर्जा के विषय पर आयोजित एक सम्मेलन इलेक्रामा के चौदहवें संस्करण को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत देश के साढ़े तीन करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अट्ठारह हजार गांवों को तय समय के भीतर विद्युतीकृत किया जा चुका है उन्होंने कहा कि सरकार एल ई डी बल्वों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इनसे बिजली की काफी बचत होती है श्री जावड़ेकर ने कहा कि बिजली हर व्यक्ति के सशक्तिकरण का माध्यम है और सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाकर लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है देश भर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा दो हजार बीस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के एक सौ अस्सी से अधिक छात्र भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये जमीन देने वाले पांच सौ किसानों को आज सम्मानित किया गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री योगी के अलावा स्थानीय सांसद रवि किशन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेक इन गोरखपुर पुस्तिका का विमोचन भी किया इक्यानबे किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण में पांच हजार आठ सौ करोड़ रूपये से अधिक का खर्च आने का अनुमान है एक्सप्रेस वे के निर्माण से गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकरनगर और संतकबीरनगर में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा निर्मया दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी पवन गुप्ता ने याचिका में कहा है कि सोलह दिसंबर दो हजार बारह को वह नाबालिग था इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती उच्च न्यायालय पवन के नाबालिग होने की दलील को खारिज कर चुका है उधर कल दिल्ली की एक अदालत ने मामले के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी देने का वारंट जारी किया है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस के समर्थन में राज्य भर में रैलियां आयोजित करेगी यह संशोधित कानून के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान का हिस्सा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन रैलियों में पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री पदाधिकारी और प्रमुख नेता भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कल गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कालेज में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह इक्कीस जनवरी को लखनऊ में बाईस जनवरी को केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कानपुर में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरठ में रैली में भाग लेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा तेईस जनवरी को कोठी मीना बाजार मैदान आगरा में रैली को संबोधित करेंगे हिंदी समाचार पत्र पंजाब केसरी के निदेशक एवं प्रधान संपादक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा का आज गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया

श्री चोपड़ा को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं श्री चोपड़ा दो हजार चौदह से दो हजार उन्नीस तक हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री चोपड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि श्री चोपड़ा को पत्रकारिता जगत में उनके योगदान के लिये सदैव याद किया जायेगा प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राज्य के कई हिस्सों में आज भी आशिक रूप से बादल छाये रहे घने कोहरे के कारण रेल सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है हालांकि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज दिन में हल्की धूप रही जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में आसमान साफ रहने का अनुमान है लेकिन प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में घने कोहरे से लोगों को निजात मिलने में अभी थोड़ा समय लगेगा